संक्रमण से मुक्त होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत पहुंची

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को कम कीमत पर मिलने से बड़ी राहत मिली है श्री मोदी ने बताया कि इन केन्द्रों के जरिए लोगों को अब तक नौ हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है बाइट अब तक आप जैसे परिवारों का करीब नौ हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का पैसा बच गया है क्योंकि दवाईयां उनको बहुत कम पैसे में मिल गई हैं अब उसके कारण पहले वो दवाई लेते नहीं थे अब दवाई ले रहे हैं तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया पैसे बच गए तो परिवार को भी लाम हो गया कि भई चलो अब अच्छे काम के लिए बच्चों की पढाई के लिए हम पैसों को खर्च करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे भी मुझे ये आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं पहचानते हैं अगर उनको दवाईयां खानी पड रही है तो उनको जरूर वताईये आप ये जन औषधि केन्द्र से दवाई लिजिए लोग उसको मोदी की दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाईए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए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 बाईट ये योजना गरीब और विशेषकर के मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन बैठी है औषधि केन्द्रो में सस्ती दवाई के साथ साथ ग्रवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं विशेष रूप से हमारी बहनों को हमारी वेटियों को जब सिर्फ डाई रूपए में सेनिट्री पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्रास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है अब तक ग्यारह करोड से ज्यादा सेनिट्री नैपकिनस इन केन्द्रों पर बिक चुके हैं श्री मोदी ने बताया कि देशभर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाएं संचालित कर रही हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर पचहत्तर जिलों में जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे

आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढता जाएगा उसी प्रकार से इसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना होगा अब एक भी जनऔषधि केन्द्र ऐसा न हो जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या दोगुनी प्रिगुनी न हो इन दो चीजों को लेकर के हमें काम करना चाहिए ये काम जितना जल्दी होगा

श्री मोदी ने कहा कि कोविड टीकाकरण के मामले में भारत न केवल अपनी मदद कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की भी सहायता कर रहा है बाईट कोरोना काल में दूनिया ने भी भारत की दवाओं की शक्ति का अनुभव किया है यही स्थिति हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री की थी भारत के पास अनेक बीमारियों की वैक्सीन बनाने की क्षमता थी हमने इडस्ट्री को प्रोत्साहित किया आज भारत में बने टीके हमारे बच्चों को बचाने के काम आ रहे हैं साथियों देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है प्रदेश में एक लाख सत्तासी हजार अस्सी स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक आठ लाख तैंतीस हजार छः सौ बयासी लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीकाकरण के जारी दौर में साठ साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की दो श्रेणियों में एक करोड़ पच्चीस लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी इस बीच राज्य में दो लाख साठ हजार आठ सौ उनचास रोगी कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं संक्रमणमुक्त होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है भारत ने दो करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है पिछले चौबीस घंटों में करीब चौदह लाख चौबीस हजार लोगों को टीके लगाये जाने के साथ ही देश में अब तक दो करोड़ नौ लाख बाईस हजार लोगों के टीकाकरण का काम किया जा चुका है इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन की महिला शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर मोना देसाई ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं ने अनेक मोर्चों पर योगदान किया

डोमेस्टिक हेत्य उस वक्त सब बंद हो गई थी

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को निर्देश भेज दिया गया है उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं और गंभीर रोग से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इसके अन्तर्गत टीका दिया जायेगा महिलाओं को टीकाकरण केन्द्रों तक लाने के लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग इस काम में जीविका दीदी आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं की मदद लेगा टीकाकरण केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों की भी तैनाती होगी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को मनाये जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य स्त्री पुरुष समानता स्थापित करना महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और जीवन के हर क्षेत्र में उनका महत्व स्थापित करना है पिछले वर्ष नारीशक्ति प्रस्कार विजेताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन महिलाओं ने समाज निर्माण और पूरे राष्ट्र को प्रेरित करने में महान योगदान किया है श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बिना देश खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता था पहली बार भारत में वीमेन्स डे जन सामान्य से जुड़ चुका है पहली बार देश के सभी अखबार टीवी चौनल सब जगह है चर्चा में हमारे देश की नारी शक्ति की तरफ विशेष ध्यान गया है एक प्रकार से आपका सम्मान नारी शक्ति का सम्मान है आपने देखा होगा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान यह सरकार के कारण सफल नहीं हुआ है मेरे हिसाब से सर्वाधिक अगर किसी का योगदान है तो हमारी माताओं बहनों का है रानी मिस्त्री का कन्सेप्ट डेवलप हुआ टॉयलेट बनाने का काम खुद हमारी बहने करें कंस्ट्रक्शन ऐक्टिविटी करें जस्ट मिशन के कारण ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इन कानूनों में कोई कमियां हैं नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कानूनों में संशोधन के मुद्दे पर चर्चा की थी

किसानों को संशोधन के प्रस्ताव भी दिए लेकिन उसके साथ साथ मैंने यह कहा कि अगर मैं किसी संशोधन के प्रस्ताव को आपके समक्ष रख रहा हूं तो इसका मायना यह नहीं लगाना चाहिए कि रस्सी सुधार बिलों में किसी प्रकार की कमी है मैं अगर ये प्रस्ताव दे रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंदोलन का जो चेहरा है किसान का चेहरा बना हुआ है किसान के प्रति भारत सरकार का नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्पण है किसान को प्राधान्य देने वाला यह सरकार है इसलिए किसान का सम्मान रहे यह हमारी प्राथमिकता है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आज संपन्न हो गयी बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव में पार्टी समान विचारधारा वाले उम्मीदवारों का समर्थन करेगी इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पार्टी के चरणबद्ध कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि ब्रथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा इससे पहले पार्टी के बिहार प्रभारी और सांसद भूपेन्द्र यादव ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने में कारगर साबित होंगे बैठक में पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रदेश को उद्योगों का हब बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावना है और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में उद्योग जगत की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है पटना मौसम केन्द्र के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा है कि हवा के ऊपरी और नीचली सतह में निम्न और उच्च दबाव के सम्मिश्रण के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उतर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जाना के साथ आंधी की संभावना है

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर जमुई अभियान के तहत रोजगार के नए नए अवसर सृजित करने के प्रयास किये जा रहे हैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर अस्पताल में जन औषधि दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि जन औषधि केन्द्रों का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है उन्होंने कहा कि यह गरीब मरीजों के लिए जीवनदायी अभियान है उधर कटिहार के सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने सदर अस्पताल स्थित जन औषधि केन्द्र की ओर से आयोजित मोटरसाइकिल जागरूकता रैली को रवाना किया

औरंगाबाद जिले के सिरिस स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में दो दिवसीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी आज संपन्न हो गयी इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि किसानों को मौसम के अनुकूल कृषि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा

कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कुर्सेला थाना के दो पुलिस कर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है

संक्रमण से मुक्त होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत पहुंची